प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का करेंगे शुभारंभ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल में प्रदेश विकास की ओर है अग्रसर

प्रधानमंत्री ने कल रोहनिया इलाके के नरूर गांव में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया और छात्रों से बातचीत की प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि छात्रों को खेल को भी महत्व देना चाहिए उन्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए ये बहुत जरूरी है हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाराणसी के नरूर गांव में प्राथमिक स्कूल के बच्चों से बात करते हुए श्री मोदी ने बच्चों को सलाह दी कि उन्हें कभी भी सवाल पूछने से घबराना नहीं चाहिए वाराणसी के रोहनिया इलाके के नरज गांव के बच्चों से बातचीत करते हए प्रधान मंत्री ने उनसे विमिन्न कौसलों को सीखने की सलाह दी उन्होंने कहा कि यह ऐसी चीज है जो ताउम्र उनकी मदद करेगी प्रधान मंत्री ने बच्चों के साथ विषिन्न विषयों पर वर्चा भी की इसके बाद उन्होंने कासी विद्यापीठ के छात्रों और उनकी मदद से पढ़ाई करने वाले उन बच्चों से मुलाकात की जो सड़कों पर मीख मांगते थे या कृझ बीनते थे इससे पहले वाराणसी पहंचने पर प्रधानमंत्री का आगनवाड़ी और आशा कार्यकताओं ने स्वागत किया और उनके वेतन में हाल ही में की गई बढ़ोत्तरी की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया सुराील चन्द्र तिवारी आकासवाणी समाचार वाराणसी प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ही उनके जन्मदिन का जश्न शहर में शुरू हो चुका था आज अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री पांच सौ सत्तावन करोड़ रूपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे उनमें अटल इन्क्यूबेशन सेन्टर तीन हजार सात सौ बाईस मज़रों में विद्युतीकरण पुरानी काशी में शहरी विद्युत सुधार कार्य शामिल है इसके अलावा वह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में वैदिक विज्ञान केन्द्र रीजनल इन्स्टीट्यूट ऑपथेल्मेलॉजी तथा चोलापुर में विद्युत उपकेन्द्र की आधार शिला रखेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सुचना सेवा के अधिकारियों से सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं की सुचना देश के दूर दराज के इलाकों में रह रहे लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है राष्ट्रपति भवन में कल भारतीय सुचना सेवा के प्रशिष् अधिकारियों से संवाद में श्री कोविंद ने कहा कि सूचना युग के बावजूद अभी भी समाज के बहुत बड़े वर्ग में सरकार के कार्यक्रमों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शास्त्री भवन में भारतीय सूचना सेवा के प्रशिक् अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें सीखने और अपने में सुधार लाने को लेकर प्रतिबद्द होना चाहिए उप राष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने कहा है कि भारत पूरे विश्व को एक बड़े परिवार की तरह मानता है तथा सहमागिता और एक दूसरे का ध्यान रखने के दर्शन में विश्वास करता है श्री नायंद्र माल्टा के एलोरियाना में भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों ने अपने कार्यों से देश को गौरवान्वित किया है भारत में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए श्री नायडू ने कहा कि सरकार के सुनियोजित सुद्दार समावेशी समाज का निर्माण कर रहे हैं और भारत व्यवस्थित सुद्दारों के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश सरकार निरन्तर कार्य कर रही है सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति तक हर जन कल्याणकारी योजना और सुक्घा उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्द है मृख्यमंत्री कल गोरखपूर में जिला विकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये हर सम्मव प्रयास किया जा रहा है मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में मरीजों से भी मुलाकात की और उनसे सुविधाओं का फीख्वैक लिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष दो हजार उन्नीस की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीवाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है यह परीक्षाएं अगले साल सात फरवरी से शुरू होकर दो मार्च तक जारी रहेगी

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा समय सारिणी तय करते समय सार्वजनिक अवकाश और कुंम स्नान के मुख्य दिवसों को ध्यान में रखा गया है उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की सुक्यिा के मददेनजर परीक्षाओं की पहली पाली की समयावधि में भी संशोधन किया गया है अब प्रातःकालीन परीक्षाएं सुबह साढ़े सात बजे की जगह आठ बजे से सवा ग्यारह बजे तक आयोजित कराई जायेगी जबकि सांयकालीन परीक्षाओं का समय पहले की तरह दोपहर दो बजे से सवा पांच बजे शाम तक रहेगा डॉक्टर शर्मा ने कहा कि नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न कराने के लिए परीक्षार्थी के पंजीकरण को आधार से लिंक किया जा रहा है इसके अलावा इलेक्ट्रानिक्स डिवाइसिस और पुस्तकें परीक्षा केन्द्र पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी परीक्षा केन्द्र पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ साथ परीक्षा कक्ष में बैक और फ्रेट कैमरा तथा वाईस रिकॉर्डर भी लगाया जायेगा समी परीक्षा केन्द्र जीपीएस से लिंक हॉगे

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पेंशन अदालत पेंशन और पेंशनर कल्याण विमाग द्वारा आयोजित किया जायेगा जो सरकार के सुशासन के अन्तर्गत पेंशनरों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम होगा केन्द्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा विजया बैंक और देना बैंक के विलय का प्रस्ताव किया है इस विलय से बनने वाला बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददातओं को बताया कि इस विलय से बैंक की गतिविधियों में इजाफा होगा और किसी भी कर्मचारी की मौजूदा स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा श्री जेटली ने कहा कि विलय के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए शीघ्र ही उनके संचालक मंडलों की बैठक होगी

श्री शाही ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी तथा वहां के कृषि संस्थानों का दौरा करने के बाद यह निर्देश दिये उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश बीज निगम और तेलंगाना बीज निगम के बीच हुए अनुबंध के तहत दोनों राज्य अपने यहां की अच्छी क्स्म के बीजों का आदान प्रदान करेंगे प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ चिकित्सा सेवाओं में सुधार मौलिक अधिकारों प्रोन्नति सहित कई अन्य लम्बित प्रकरणों में तुरन्त हस्तक्षेप करने के आशय का ज्ञापन मुख्यमंत्री को आगामी चौबीस सितम्बर को जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजेगा